पोर्टल के माध्यम से पंचायत को केन्द्रीय वित्त राज्य वित्त और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि और पंचायत में कराये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथ साथ अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती हण एचआरडी मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने योग को स्क्ली पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए ऑनलाइन योग प्रश्नोतरी प्रतियोगिता श्रू की हप श्री पोखरियाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उददेश्य जागरूकता पद्वा करना और विभिन्न योग पदधतियों के बारे में प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उददेश्य गहरी समझ विकसित करना और उसे जीवन में अपनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना हथ मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सवालों को श्रव्य माध्यम में रूपांतरित करने की सुविधा दी गई है जिससे इस क्विज में दिव्यांग बच्चे भी भाग ले सकते हैं

इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों और स्वस्थ जीवन श्री के विकास में मदद मिलेगी प्रतियोगिता में बह विकल्प वाले प्रश्न प्छे जाएंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले एक सौ बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा

मत्स्य विभाग रुद्वप्रयाग रुद्रप्रयाग में मत्स्य विभाग ऐसी कई योजनाएं संचालित कर रहा हप्त जिसका लाभ काश्तकार उठा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं

राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी परीक्षण सुविधा शुरू की हथ उन्होंने कहा कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब एनटीए द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास अपने मोबाइल पर हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं मंत्री ने बताया कि पिछले महीने एनटीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर स्मार्टफोन ऐप श्रू किया था जिससे उम्मीदवार घर बठे जेईई मुख्य परीक्षा और नीट सहित इंजीनियरी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तथ्वारी कर सकते हैं

स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ ब्लेटिन के अनुसार आज जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी हैं

घनी आबादी के बावजूद भारत में प्रति लाख आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम है

मुख्य सचिव प्रदेश में ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के डीजी आईके पाण्डे ने यह जानकारी दी आज उन्होंने म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह से सचिवालय में म्लाकात की और चारधाम महायोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया म्ख्य सचिव ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अपेक्षा की हैकि ऑल वेदर रोड का इन्वायरमेंटल इंपक्षट एसेसमेंट कर लिया जाए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से इस महत्वाकांक्षी योजना को समयबद्धता और ग्णवत्ता से पूरा करने के लिए समय समय पर समीक्षा की जाती रहती हथ नमीताल हाईकोर्ट नव्रीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ आपदा में लापता श्रद्धाल्ओं के बारे में पता लगाने के लिये देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियालॉजी को एक हफ्ते में सुझाव पेश करने के निर्देश दिए हैं अदालत ने संस्थान से पूछा ह कि क्या किसी वज्ञानिक पदधति से लापता श्रदधालुओं का पता लगाया जा सकता हा

इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियालॉजी से तकनीकी सुझाव लेने का अन्रोध किया गया था